सभी पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी

प्रदेश में पैक्स चूनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी

महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में तेरह प्रलिस अधिकारियों समेत पैंतालीस पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है निलंबित होने वाले पुलिस कर्मियों में छह सब इंस्पेक्टर सात एएसआई और बत्तीस सिपाही शामिल हैं यातायात पूलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं जांच में सामने आया है कि ड्यूटी पर तैनात ये पुलिस कर्मी सेतु से गूजरने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते थे पश्चिम चम्पारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया और पन्द्रह लाख रूपये लूट लिये पूलिस ने बताया कि दो मोटरसाईकिल पर सवार चार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया इधर सारण जिले के छपरा नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत पंकज सिनेमा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से आये अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की इस घटना में पेट्रोल पंप मालिक को गोली लगी है घायल को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है घटना में शामिल दो अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया दूसरी तरफ मुजफ्फरपूर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र अन्तर्गत बाघी गांव में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के मालिक से स्कूटी और बासठ हजार रूपये लूट लिये प्रदेश में पैक्स चूनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गयी है साथ ही मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन भी कर दिया गया है राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार पैक्स चूनाव के पहले चरण में एक सौ उनतीस प्रखंड के सोलह सौ दस पैक्स के चूनाव होंगे इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अठाईस नवम्बर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच उनतीस और तीस नवम्बर को की जायेगी वहीं दो दिसम्बर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे मतदान नौ दिसम्बर को होगा पटना उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलायी इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजुद थे न्यायमूर्ति करोल इससे पूर्व त्रिपूरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का अनुरोध किया है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से लोगों के अनुभव और ज्ञान का समुचित उपयोग हो सकेगा श्री कुमार ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि स्कूलों में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी शामिल की जायेगी समारोह को संबोधित करते हये उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार टीचर मैनेजेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लाने जा रही है जिसमें सभी शिक्षकों का डाटा एक साथ उपलब्ध होगा मूख्यमंत्री ने इस अवसर पर गणित के प्राध्यापक डॉक्टर के सी सिन्हा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले प्रेम वर्मा को मौलाना अब्रल कलाम आजाद प्रस्कार से सम्मानित किया मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने प्रलिस महानिदेशक ग्रप्तेश्वर पांडेय को थानावार अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है आज समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ऐसे मामलों का निष्पादन समय सीमा के अन्दर करने को भी कहा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी झारंखड विधानसभा चूनाव अकेले लड़ेगी शेखप्रा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल के रूप में चूनाव लड़ने के सभी प्रयास विफल होने के बाद यह फैसला किया गया है गूरूनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव के अवसर पर आज पटना सिटी स्थित गुरू का बाग गुरूद्वारा से नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली गयी

श्रीहरिमंदिर साहिब में अभी गुरूनानक देव जी की शिक्षा और उपदेशों पर कथावाचन और शबद कीर्तन का आयोजन हो रहा है कल गुरू पूर्णिमा के अवसर पर गुरू घर के विशेष दीवान में मुख्य समारोह और कवि दरबार आयोजित होगा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालू पटना साहिब पहुंचे हैं प्रदेश के विभिन्न ग्रूद्वारों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धाल् प्रकाशोत्सव में शामिल हो रहे हैं

समारोह को संबोधित करते हये श्री चौहान ने कहा कि ग्रूनानक देव का पूरा जीवन मानवता और भाईचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गुरूनानक देव के उपदेशों की प्रासंगिकता और बढ़ गयी है समारोह को पाटलिपूत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने भी संबोधित किया समारोह को स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा पटना नगर निगम की महापौर सीता साह पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय और तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी पटना के महासचिव सरदार महेन्द्र पाल सिंह ढ़िल्लन ने भी संबोधित किया यह प्रदर्शनी पन्द्रह नवम्बर तक चलेगी कार्तिक प्रर्णिमा के अवसर पर कल गंगा नदी में विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालू पटना पहुंच रहे हैं गंगा और गंडक नदी के संगम पर हरिहर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिये मिथिलांचल मगध और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्वालुओं के आने का सिलसिला जारी है कार्तिक प्रर्णिमा को देखते हुए रेलवे ने भी पटना दानापूर पाटलिपूत्र जंक्शन राजेन्द्र नगर और सोनपुर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के प्रबंध किये हैं इधर बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सिमरिया गंगा घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु जूटने लगे हैं घाट पर आज कुंभ सेवा समिति द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया बोधगया स्थित लाओस के मठ में आज कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया गया मठ के प्रभारी भंते साईं साना ने बताया कि वर्षावास के बाद बौद्ध भिक्षुओं के बीच चीवरदान करने की परंपरा है यही चीवर पहनकर बौद्ध भिक्ष पूरे साल प्रवचन और ध्यान करते हैं समारोह के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने मठ के प्रांगण में भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष विशेष प्रजा अर्चना भी की पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम ने चालीस लाख रुपये मूल्य की शराब के साथ एक ट्रक और दो चारपहिया वाहन बरामद किया है वहीं अररिया जिले के फुलकाहा से एसएसबी के जवानों ने नौ सौ बारह बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया इधर कटिहार स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से बीएसएफ के एक जवान को शराब तस्करी के आरोप में रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरफ्तार जवान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है सीतामढ़ी जिले के ड्मरा इंडोर स्टेडियम में आज से राज्य स्तरीय बालक कराटे प्रतियोगिता की शुरूआत हुई प्रतियोगिता में सत्रह जिलों के दो सौ अठासी प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं मध्रबनी जिले के पतौना चौकी क्षेत्र स्थित सिबौल गांव में ड्यूटी पर तैनात बिहार पुलिस के एक जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली पुलिस ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि किन कारणों से जवान ने आत्महत्या की मूजफ्फरपूर जिले के कांटी और मोतीपूर थाना क्षेत्रों में पूलिस ने छापेमारी कर छह अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों की कई मामलों में तलाश थी पटना के दीघा थाना क्षेत्र से पूलिस ने रेल टिकट के अवैध कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अरवल जिले के अत्ताउल्लह बाजार से पूलिस ने कूख्यात नक्सली विक्की पासवान को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में तलाश थी बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ड्रबने की घटनाओं में तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं कटिहार जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के कोरगामा गांव में गड्डे के पानी में खेलने के क्रम में दो वर्षीय बच्ची की ड्रबकर मौत हो गई है भागलपूर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत प्रलिस ने तीस अपराधियों को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन आज फसल अवशेष प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

सभी पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी

प्रदेश में पैक्स चूनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी